इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है

संक्रमित का यह नया मामला वेस्ट कामेंग जिले से आया है अब तक राज्य में तीन सक्रिय मामला दर्ज है बाकी दो मामला पाप्मपारे और चांगलांग जिलों से है

यह घटना दिन को करीब ग्यारह बजे हई आग लगने के कारणो का अभी तक पता नही लग पाया है म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र ने ट्वीट करते हए कहा कि लोंगलियांग गांव में हई आग द्र्घटना जिसमें एक बच्ची सहित दो लोगो के मरने और सौ से ज्यादा घरों के जलकर राख होने से वे गहरे द्ख में है पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हए श्री खांड् ने पीड़ित परिवारो को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है

सौशल मीडिया में पोस्ट करते हए श्री गाव ने कहा कि अवैध अप्रवासियो से देश को स्रक्षित करने के लिए भारत म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने का यह अच्च समय है जिससे द्रगामी परिणाम हो सकते है लोक सभा में ब्धवार को केंद्र को मामले पर ध्यान केंद्रित करते हए श्री गांव ने दावा किया कि म्यांमार से रोहिंग्यास अवैध रुप से भारत में प्रवेश कर देश के कई इलाको में रह रहे है उन्होंने कहा कि अंतराष्ट्रीय सीमा में कोई बाड़ न होने के कारण सोना ड्रग्स छोटे हथियारों और गोला बारुद की तस्करी भी चल रही है

इस अवसर पर ईटानगर नगर निगम के एक्जीक्य्टिव इंजीनियर तादर तारांग और कई पार्षद मौजूद थे अपने संबोधन में श्री तामे फासांग ने लोगो से स्वच्छता बनाये रखने और यातायात नियंत्रण में प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की उन्होंने कहा कि राजधानी ईटानगर में राजमार्ग सहित विभिन्न महत्वप्र्ण परियोजनाओं के पूरा होने पर आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होगी

ईटानगर राजधानी जिला प्रशासन दवारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का म्ख्य उद्देश्य परीक्षा को स्चारु ढंग से आयोजित करने के लिए अधिकारियो को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताना था जिला उपाय्क्त कोमकार द्लोम ने जोर देकर कहा कि परीक्षा को बिना किसी खामियों के सफलतापूर्वक आयोजित करने की जिम्मेदारी पूरी टीम की होती है उन्होंने केंद्र अधीक्षक और निरीक्षक को अपने सौंपे गए केंद्रो का दौरा करने और तैयारियों का जायजा लेने का निर्देश भी दिया

हमारा अरुणाचल अभियान के अंदर चलाई जा रही इस अभियान के चलते राजधानी प्लिस सड़क के किनारे मेकशीफ्ट पाठशाला गठित कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो सहित आम नागरिकों को यातायात से ज्ड़ी नियमो पर जागरुकता फैला रही है सोमवार से श्रु हई इस पहल में अब तक सौ से ज्यादा यातायात उल्लंघनकर्ता रोड साईड पाठशाला में भाग ले च्के है पाठशाला के दौरान उल्लंघनकर्ताओ को यातायात के नियमो का पालन करने की शपथ दिलाने के बाद बिना चालान काटे जाने दिया जाता है अन्मान लगाया जा रहा है कि यह अभियान तब तक चलाया जाएगा जब तक यातायात नियमों के प्रति लोगो के व्यवहार में परिवर्तन नही आता और यातायात स्रक्षा नही अपनाया जाता